राज्य के दुर्गम क्षेत्रों के लिए जल्द ही एयर ऐम्बुलेंस सुविधा होगी शुरू

प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सुहावने मौसम का आनंद लेने उमड़े पर्यटक

मुख्यमंत्री जयराम ठाकृर ने आज शिमला में एक संवाद्दाता सम्मेलन में ये जानकारी देते हुए कहा कि परियोजनाओं पर एशियन विकास बैंक के माध्यम से राशि खर्च की जाएगी उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके

उन्होंने कहा कि पहली जुलाई से अब ये सेवा सप्ताह में तीन दिन सोमवार बुधवार और शुक्रवार को चलाई जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए शिमला के संजौली में हैलीपैड बनाया जाएगा

उन्होंने कल्याण विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए वन मंत्री ने सभी विकास खंडों में बीडीओ के सहयोग से आवासहीन लोगों का सर्वेक्षण करने को कहा ताकि उन्हें आवास सुविघा उपलब्ध करवाई जा सके

इस मौके विघायक किशोरी लाल सुरेंद्र शौरी और सुन्दर सिंह भी मौजूद रहे विपिन परमार राज्य के दुर्गम क्षेत्रों के लिए जल्द ही एयर ऐम्बुलेंस सुविधा शुरू की जाएगी और इसके लिए स्विट्जलैंड की कम्पनी के साथ प्रदेश सरकार ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार ने पालमपुर की नौरा और डूहक पंचायतों में जनसमस्याएं सुनने के बाद आज ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि एयर एंबुलैस सुविधा आरम्म करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य होगा विपिन परमार ने बताया कि एयर ऐम्बूलेंस का मुख्यालय कुल्लू मनाली में होगा और कंट्रोल रूम के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर अत्याध्रनिक और निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार कृतसंकल्प है स्वास्थ्य मंत्री ने राजकीय महाविद्यालय नौरा की स्मारिका नवरंग का विमोचन और चंगर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त मुद्रिका बस सेवा का शुभारंभ भी किया सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि मेले और त्यौहार हमारी परम्परा व संस्कृति के संवर्धन में अहम भूमिका अदा करते हैं ये बात आज उन्होंने सोलन के समीप देहूंघाट में आयोजित मेले में जनसभा को संबोधित करते हुए कही सैजल ने कहा कि मेले में आने से लोगों में आपसी सौहार्द और भाईचारे की भावना बढ़ती है मेले में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया अभियान चंबा ज़िले के मंगला गांव में कृषि कल्याण अभियान के तहत आज एक कार्यकम आयोजित किया गया भारत सरकार के कृषि व कृषक कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव तरसेम चंद और उपनिदेशक विपणन सलाहकार ज्वाहर कार्यकम में मौजूद रहे

इसके अलावा उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड सब्जी के बीज और फलदार पौधे वितरित किए गए चंबा का चयन केन्द्र सरकार द्वारा एस्पिरेशनल ज़िला योजना के तहत किया गया है

ई विघान भारत और नेपाल के कई राज्यों में कार्यरत निर्वासित तिब्बतियन सरकार के बंदोबस्त अधिकारियों ने आज शिमला में प्रदेश विधानसभा सचिवालय में ई विधान प्रणाली की जानकारी ली

विघानसभा सचिव सुन्दर सिंह वर्मा ने अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में विधानसभा की कार्यप्रणाली और कियाकलापों की जानकारी दी इन अधिकारियों ने ई विधान प्रणाली और सदन के रख रखाव के लिए विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल को भी बधाई दी जावड़ेकर सीटीईटी केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की परीक्षाएं सभी भारतीय भाषाओं में आयोजित करने का निर्देश दिया है एक ट्वीट में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि उन्होंने सीबीएसई को सभी बीस भाषाओं में परीक्षाएं आयोजित करने को कहा है उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं अंग्रेजी हिन्दी असमी बांग्ला गारो कन्नड़ खासी मलयालम मणिपुरी मराठी मिजो नेपाली उड़िया पंजाबी संस्कृत तमिल तेलुगू तिब्बती और ऊर्दू में करायी जाएंगी

पत्रकार वार्ता प्रदेश में पर्यटन की आपार संभावनाएं मौजूद हैं मगर इसके बावजूद भी पर्यटन व्यवसाय के मामले में हिमाचल सिक्किम से काफी पीछे है नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल और देहरा के विधायक होशियार सिंह ने आज धर्मशाला में सिक्किम दौरे से लौटने के बाद एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में ये बात कही विधायकों ने कहा कि सरकार से सिक्किम की तर्ज पर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की सिफारिश की जाएगी दुर्घटना किन्नौर जिले में निचार उपमंडल की शोरंग जलविद्युत परियोजना के पास आज सड़क निर्माण के दौरान जमीन खिसकने से एक कम्पनी के तीन कर्मचारी मलबे में दब गए रिकांगपिओ से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि कम्पनी के अन्य कर्मचारियों और स्थानीय लोगों की सहायता से इन्हें बाहर निकाला गया इनमें से एक की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई जबकि अन्य दो घायलों को रामपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है इधर शिमला ज़िले में ठियोग उपमंडल के भराणा मतियाना सम्पर्क मार्ग पर कल रात एक ट्रैक्टर के खाई में गिरने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है मृतक की पहचान चंबा के सल्णी निवासी चमन के रूप में की गई है घायल को आईजीएमसी शिमला में मर्ती किया गया है जिला पुलिस अधीक्षक ओमापति जम्वाल ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है खेल महाकूंभ सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज मंडी ज़िले के धर्मपुर में सांसद स्टार खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया इस मौके उन्होंने कहा कि स्टार खेल महाकुंभ के तहत कबड्डी वॉलीबॉल बास्केटबॉल फुटबॉल और क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है उन्होंने खेल आयोजन के लिए सांसद अनुराग ठाकुर की सराहना की महेन्द्र सिंह ठाकुर ने युवाओं से खेल में बेहतर प्रदर्शन करने और नशे से दूर रहने का आहवान किया

अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रतियोगिता के हर मैच से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का चयन किया जाएगा और एक करोड़ की राशि खर्च कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा किशन कप्र खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा है कि सरकार प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद कर रही है

रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि शिक्षा के साथ साथ खेलकूद भी अत्यंत आवश्यक है

रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि हिमाचल के युवाओं ने खेल के क्षेत्र में दुनियाभर में अपनी पहचान बनाई है और प्रदेश का नाम रोशन किया है उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जा रहा मौसम राज्य के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए रहे और बीते दिनों हुई बारिश से लोगों को धूल व गर्मी से राहत मिली है इधर राजधानी शिमला सहित आस पास के क्षेत्रों में वर्षा के बाद मौसम सुहावना बना हुआ है इससे शिमला कुफरी नारकंडा और नालदेहरा सहित अन्य पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की आमद में भी बढ़ौतरी हुई है सोलन से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि वर्षा से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और किसानों को अच्छी फसल होने की उम्मीद है

बाईक रैली केन्द्र सरकार के चार वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर चलाए किए गए युवा भारत अभियान के तहत चंबा भाजपा युवा मोर्चा मंडल ने आज चंबा में एक बाईक रैली निकाली

उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं जिनसे आम लोग लामान्वित हो रहे हैं